उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि प्रदेश में पहले से ज्यादा तेज गति से विकास के कार्य होंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर बल दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका की संक्षिप्त यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ द्विपक्षीय बैठक की इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त संघर्ष हिंद महासागर क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा तथा आर्थिक विकास में सहयोग समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया इस बीच प्रधानमंत्री ने कोलम्बो के इंडिया हाउस में श्रीलंका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से बात की प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की छवि को विदेशों में दर्शाने के लिए भारतीय समुदाय के उत्साह की सराहना की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव और श्रीलंका की सफल यात्रा के बाद आंध्रप्रदेश के तिरूपति पहुंचे उन्होंने कल शाम तिरुपति में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राजनीति में केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं है बल्कि जनता की सेवा के लिए है

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि जालोर जिले सहित प्रदेशभर में पहले से ज्यादा तेज गति से विकास के काम होंगे श्री पायलट ने कल रानीवाडा पंचायत समिति में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान के लिये नर्मदा नदी परियोजना को आगे बढाने के लिये राज्य स्तर पर काम किया जायेगा उन्होंने कहा कि जालोर जिले में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से जूडे विकास कार्य को पूरा करने में वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं आने दी जायेगी इसके बाद श्री पायलेट ने सांचोर में लोगों से बातचीत की उन्होंने कहा कि जनता से जुडे विकास के काम बिना भेदभाव के किये जायेंगे उन्होंने यहां अधिकारियों को निर्देश दिये कि पेयजल से जुडी किसी भी समस्या में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाये इस दौरान श्री पायलेट ने आमजन की जन सुनवाई भी की

श्री गर्ग ने कल भरतपुर में विद्युत और जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये उन्होंने पेयजल से वंचित घरों तक टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिये अधिकारियों को कहा

उन्होंने कहा कि उद्योग रत्न पुरस्कारों से प्रदेश में उद्योगों के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित होने के साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों को और बेहतर कार्य करने का अवसर मिलता है प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जायेगा उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने कल बाडमेर जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही श्री भाटी ने बताया कि इन पदों को भरने के लिये आरपीएससी से सिफारिश की गई है आने वाले कुछ दिनों में भर्ती की प्रकिया शुरू हो जायेगी

उन्होंने बताया कि इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदेश पदाधिकारी जिलाध्यक्ष जिला संगठन प्रभारी लोकसभा प्रभारी सहप्रभारी संयोजक और लोकसभा तथा राज्यसभा सांसद विधायक जिला प्रमुख महापौर और प्रदेश चुनाव प्रबंधन सहित कई पदाधिकारी शामिल होंगे प्रदेश में राजमार्गों पर यातायात पुलिस और विशेष जांच पुलिस वाहनों द्वारा वाहनों को रोककर उनसे अवैध वसूली किये जाने की शिकायतों को लेकर पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा द्वारा चलाये अभियान में कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि सतर्कता शाखा के दलों द्वारा बूँदी कोटा दौसा भरतपुर अजमेर ब्यावर किशनगढ़ शहरों और राष्ट्रीय तथा राज्य मार्गों पर डिकॉय अभियान किये गये उन्होंने बताया कि कोटा में राजमार्ग पर वाहनों की जांच के लिये तैनात पुलिस वाहन के जाप्ते द्वारा लापरवाही पूर्वक कार्रवाई और एक ट्रक से अवैध रूप से रुपयों की माँग करना सामने आया इस पर कोटा के पुलिस महानिरीक्षक इनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ ही बाहर स्थानान्तरण करके एक वर्ष तक फील्ड और यातायात शाखा में पदस्थापन नहीं करने के निर्देश दिये गये इस तरह दौसा में गंभीर अनियमिततायें मिलने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई हैं जयपुर पुलिस ने महिलाओं की सोने की चेन छीनने वाले कुख्यात अंतर्राज्यीय बदमाश रामचंद्र बावरिया को करनाल से गिरफ्तार किया है

उन्होंने बताया कि इस गिरोह ने लुधियाना जगधरी यमुनानगर अम्बाला करनाल पानीपत फरीदाबाद तीमारपुर दिल्ली भरतपुर चेन्नई हैदराबाद बैंगलोर शामली में चेन छीनने की कई वारदातें की हैं

दक्षिणी भारत में मानसून सकिय होने के बाद भी प्रदेश में प्रचंड गर्मी और लू का प्रकोप बना हुआ हैं इसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है